मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने कहा कि वह इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेगी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ के समक्ष दलील दी कि इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजा जाना चाहिए क्योंकि इसमें संविधान के मूल ढांचे का प्रश्न उठता है इस पर न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि वह इस मामले के संविधान पीठ के सुपूर्द किये जाने या नहीं किये जाने से जुडे बिन्दुओं पर अगली सुनवाई पर विचार करेंगे

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया

इसके जरिये तीन तलाक को अमान्य और गैर कानूनी करार दिया गया है

प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नैयर को मरणोपरांत पदमभूषण दिया गया है राजस्थान से पदमश्री पुरस्कार पाने वालों में सीकर जिले के कृषि विशेषज्ञ जगदीश प्रसाद पारीक शामिल हैं

जयपुर में आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए श्री कुमार ने कहा कि सभी दल अपनी अपनी जनसभाओं रैलियों और वाहन के संबंध में प्रशासन से समय पर अनुमति अवश्य ले लें उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं छूटे इसके लिए नामांकन दाखिल होने के दस दिन पहले तक नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया जा सकता है उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल लोकसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट को सक्रिय बनाएं ताकि वे भी अपने अपने क्षेत्र के पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने में सहयोग करे उन्होंने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें मय फोटो वीडियो आदि निर्वाचन आयोग के सी विजिल एप में की जा सकती है जिससे इन पर शीघ्र कार्यवाही की जा सके इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बैठक लेकर अधिकारियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आचारसंहिता की कड़ाई से पालना करने को कहा

साथ ही दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी पार्टियों के चुनाव अभियान की दिशा तय करने में जुट गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सतीश प्रनिया ने आज जयपुर में कहा कि पार्टी के प्रत्याशियों का चयन का काम जल्दी शुरू होगा पार्टी जीताऊ और योग्य उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में उतारेगी

द्रसरी ओर कांग्रेस में भी चुनाव तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है

इस मामले में आयोग की ओर से आज जारी प्रतिकिया में कहा गया है कि रमजान के दौरान पूरे महीने के लिए चुनाव प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता आयोग ने स्पष्ट किया कि इस दौरान ईद के मुख्य त्यौहार और शुक्रवार का ध्यान रखा गया है

खाद्य सुरक्षा के राज्य नोडल अधिकारी डॉ सुनील सिंह ने बताया कि विभाग की टीम द्वारा विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में श्री करनी इंडस्टीज पर छापा मारा गया तो वहां धनिये के डंठल से घटिया धनिया बनाया जा रहा था

जत्थे में आए जायरीन ने ख्वाजा साहब की मजार पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए अब्दुल रज्जाक के नेतृत्व में आए जत्थे में साढे तीन सौ से अधिक जायरीन शामिल हैं इस बीच आज दरगाह में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी की ओर से चादर पेश की गई

मेले में बड़ी संख्या में प्रदेश तथा देश के अन्य हिस्सों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं

ये सेंटर जेएलएन राजकीय चिकित्सालय में शुरू किया जायेगा अलवर के मालाखेडा क्षेत्र के केरवावाल गांव में जमीन विवाद के चलते तीन लोगों की हत्या के मामले में परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शवों का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया है घटना के बाद तनाव के मद्दे नजर अलवर के सामान्य अस्पताल और गांव में पुलिस बल तैनात है